केन्द्र सरकार पच्चीस सितम्बर को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने के लिए तैयार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट दो हजार अट्ठारह का किया शुभारम्भ

श्री मोदी ने वहां मौजूद लोगों से वाराणसी के विकास कार्यो की जानकारी ली बातवीत में श्री मोदी ने कहा कि जल परिवहन के लिए गंगा में निर्माणाधीन टर्मिनल जल्द बनकर तैयार हो जायेगा और इसके बाद इलाहाबाद भिर्जापुर वाराणसी भागलपुर और पटना सहित कई जगहों पर मध्य गंगा में ड्रेजिंग कराई जायेगी उन्होंने कहा कि जल परिवहन टर्मिनल को सड़क और रेल मार्ग के जरिये भी जोड़ा जायेगा इस परियोजना के शुरू होने के बाद पूर्वांचल में आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ेगा श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाविकारियों से अगले वर्ष जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया केन्द्र सरकार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अगले महीने की पच्चीस तारीख से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस योजना को लागू करने के लिए उन्तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभार्थियों के लिए नामांकन कराना जरूरी नहीं है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सामाजिक आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के अनुसार गरीब और कमजोर वर्गों के दस करोड़ चौहत्तर लाख परिवार इस योजना के पात्र हैं परिवार के आकार और आयु की कोई सीमा निर्घारित नहीं की गई है श्री नड्डा ने बताया कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार का पांच लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा श्री नड्डा ने बताया कि लाभार्थी सूचीबद्द अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे इसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा ये सेवाएं देशभर में उपलब्ध रहेगी उन्होंने बताया कि एक हजार तीन सौ से अधिक सेवाओं की पहचान की गई है श्री नड्डा ने आयुष्मान भारत के बारे में फर्जी वेबसाइट के खिलाफ कड़ी काईवाई की चेतावनी दी है उन्होंने बताया कि सरकार लामार्थियों से इस योजना के नाम पर लोगों से धन क्सुलने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कॉल सेंटर एक चार पांच पांच पांच अगले महीने की पांच तारीख से चालू हो जाएगा श्री नड्डा ने इस अवसर पर योजना के प्रतीक विन्ह का अनावरण भी किया निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता के प्रति राजनीतिक दलों की चिंताओं का संतोषजनक समाधान करेगा आयोग ने कल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक की इसमें कुछ राजनीतिक दलों ने मतपर्वी से वोट डालने के पक्ष में अपनी राय व्यक्त की बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने बताया कि कुछ दलों ने कहा कि मतपर्ची से मतदान की पुरानी व्यवस्था पर लौटना उचित नहीं होगा क्योंकि इसर्स फिर बूथ पर कब्जा करना शुरू हो जाएगा उन्होंने बताया कि समी राजनीतिक दलों ने चुनाव की निष्पक्षता में और सुधार के लिए सकारात्मक तथा स्वनात्मक सुझाव दिए श्री रावत ने बताया कि आयोग सभी सुझावों पर विचार करेगा और उसके बाद आवश्यक कदम उठाएगा बैठक में कई विपक्षी दलों ने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ और मतदान पृष्टि पर्वी वीवीपैट व्यवस्था में तकनीकी खामियों का मुद्दा उठाया बैठक के दौरान राजनीतिक दलों ने आयोग से आग्रह किया कि राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन की तर्ज पर निजी मीडिया पर भी चुनाव प्रचार के लिए निशुल्क प्रसारण की व्यवस्था की जाए राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने के पथ पर अग्रसर है वह कल बदायू में बदायूं गौरव महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे श्री नाईक ने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए न सिर्फ प्रमावी योजनाओं का संचालन बल्कि शांति व्यवस्था भी ज़रूरी होती है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है जिससे निवेश भी बढ़ रहा है राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही कल दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित हो गई सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाते हुए सरकार के विरूद्व नारेबाजी शुरू कर दी सदन में प्रतिपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने की वजह से विघानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पहले आवे घंटे के लिए और फिर प्रश्न काल तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो सदस्यों ने शोर गुल मचाना शुरू कर दिया इस बीच वित्त मंत्री राजेश अप्रवाल ने सदन में चौतीस हज़ार आठ सौ तैतीस करोड़ रूपये का अनुप्रक बजट पेश किया उधर विधान परिषद की कार्यवाही भी विपक्षी दलों के शोर शराबे की वजह से आज सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई कार्यवाही शुरू होते ही सपा बसपा और कांग्रेस के सदस्यों ने कानून व्यवस्था के मुददे को तेकर सरकार विरोधी नारे लगाये और सदन के बीचोबीच आकर मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग करने लगे समापति ने सदन की कार्यवाही दो बार आधे आधे घंटे और बाद में सवा बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत कस्ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विप्त के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह सरकार पर अनावश्यक आरोप लगाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है देवरिया प्रकरण का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करा रही है और उसने सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है

इस प्रकरण में जो भी जिस स्तर पर दोषी था हमारी सरकार ने उन सबके खिलाफ कार्रवाई की है

मूझे लगता है कि अपने नकारनेपन को छुपाने के लिए अपनी स्वयं की हास्यपद स्थिति को जनता के सामने उजागर न हो सके इससे विचानसभा में महत्वपूर्ण अनुदान मांगों पर वर्चा करने के बजाय विचानसभा के अन्दर सदन के अन्दर जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ध्यान डायवर्ट करने के लिए ऐसे मुद्दे विपक्ष उठाने का प्रयास कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से बेहद समृद्द राज्य है सरकार प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में देश में पहला स्थान दिलाने की दिशा में काम कर रही है श्री योगी कल लखनऊ में राज्य पर्यटन विमाग और फिक्की के संयुक्त तत्वाक्धान में आयोजित उत्तर प्रदेश ट्रैकल मार्ट दो हजार अट्ठारह का श्मारम्भ करने के बाद लोगों को संबेधित कर रहे थे मुख्मंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को विकसित करने में यूपी ट्रैवल मार्ट प्रभावी भूमिका निभा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयाग में होने वाले आगामी कम मेले के लिए विश्व के एक सौ बानबे प्रतिनिधियों को न्यौता दिया गया है

तीन दिवसीय इस आयोजन में आस्ट्रेलिया फ्रांस जर्मनी तुर्की डेनमार्क पोलेण्ड और ताईवान सहित तेईस देशों के पचास प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं